ऋणमाफी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रतलाम जिले से जय किसान ऋणमाफी योजना के तहत किसानों के ऋण खातों में ऋण माफी की राशि अंतरण की कार्यवाही का शुभारंभ किया

इन्हें एक मार्च तक योजना के तहत राशि मिल जायेगी

गौरतलब है कि जय किसान ऋण माफी योजना में आज से पात्र किसानों के बैंक खाते में भुगतान की कार्यवाही के साथ ही किसानों को सम्मान पत्र देने का निर्णय भी लिया गया है

सम्मेलन में चालू ऋण खाता धारक किसानों को कालातीत फसल ऋण माफी के प्रकरणों में ऋण माफी पत्र प्रदान किये जाएंगे जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के अनुमोदन के बाद संबंधित बैंक में योजना के प्रावधान के अनुसार राशि जमा कराई जायेगी युवा स्वाभिमान योजना मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिये सरकार विकास का एक नया नक्शा तैयार करेगी जिसमें कृषि के विकास के साथ साथ नौजवानों को रोजगार देने के सुनिश्चित प्रयास होंगे

उन्होंने बसों में ड्राइवर द्वारा रोड सेफ्टी मानकों का पालन किये जाने की जानकारी ली

उन्होंने बस संचालकों से कहा कि निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने पर परमिट निरस्त किये जायेंगे लापरवाह ड्राइवरों के लायसेन्स भी रद्द किये जायेंगे

बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अरूण कुमार तोमर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अभिजीत अग्रवाल राजेश कौल उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राकेश कुशरे एवं राजेश श्रीवास्तव उपस्थित थे सांची फूल सांची बौद्ध विश्वविद्यालय में ऑर्गेनिक पद्धति से उगाए गए फूल आजकल आकर्षण का केंद्र बने हुए है

विश्वविद्यालय के जैविक उद्यान में बगैर रासायनिक दवाओं का प्रयोग कर फूलों और अन्य पौधों को लगाया गया है

फ्लाई ओव्हर बनने से इन मार्गो पर यातायात का दबाव कम होगा साथ ही मध्यप्रदेश हाईकोर्ट भवन तक का आवागमन भी सुव्यवस्थित हो सकेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस योजना की शुरूआत पिछले साल सितम्बर में की थी इस योजना के तहत सालाना पांच लाख रुपये प्रति परिवार को दिया जाता है

इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए करीब दो करोड़ लाभार्थियों को ई कार्ड जारी किए गए हैं

सभी कमिश्नर्स और कलेक्टर्स के साथ ही संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव और सचिव और पुलिस महानिदेशक को कॉन्फ्रॅस में उपस्थित रहने को कहा गया है कॉन्फ्रॅस में जय किसान फसल ऋण माफी योजना ग्रीष्म ऋतु में पेयजल प्रबंध प्रोजेक्ट गौ शाला स्व रोजगार योजनाओं की समीक्षा राजस्व प्रकरणों की समीक्षा बिजली बिलों के दोष दुरुस्त करने कानून व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाओं और आगामी बोर्ड परीक्षाओं जैसी प्राथमिकताओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की जाएगी ओला नुकसान निरीक्षण बैतूल कलेक्टर तरूण कुमार पिथोड़े ने आज अनुविभागीय राजस्व अधिकारी श्रवण कुमार भंडारी के साथ जिले के चोपना के नजदीक नूतनडंगा गांव में तेज हवा और ओलावृष्टि से प्रभावित मकान और फसलों का अवलोकन किया इस दौरान उन्होंने प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का शीघ्र सर्वे कर नियमानुसार राहत प्रकरण बनाने के निर्देश दिए कलेक्टर ने दौरे के दौरान ग्राम में निर्माणाधीन तालाब का अवलोकन किया साथ ही कहा कि ज्यादा से ज्यादा जल संरचनाओं का निर्माण किया जाए ग्राम दुर्गापुर में उन्होंने मध्यान्ह भोजन निर्माण एवं किचन शेड का निरीक्षण किया

यह कार्यशाला मुख्यमंत्री कमलनाथ के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की जायेगी

इनमें वे लोग शामिल हैं जिन्होंने प्लाटिंग करने या कॉलोनी के निर्माण के लिये खेत खरीद लिये हैं

जबकि उप महाप्रबंधक की पत्नी बुरी तरह घायल हो गई